पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे

सम्मेलन को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सांसद अनुराग ठाकुर भी संबोधित करेंगे इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सांसद शांता कुमार राम स्वरूप शर्मा और वीरेन्द्र कश्यप सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे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

लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बजट सत्र से पहले बुधवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है अंतरिम बजट पहली फरवरी को पेश किया जाएगा

इसमें पार्टी प्रदेश प्रभारी और समन्वय समिति की अध्यक्ष रजनी पाटिल विशेष रूप से मौजूद रहेंगी पार्टी महासचिव रजनीश किमटा के अनुसार बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए प्राप्त आवेदनों की छंटनी होगी और इन्हें अंतिम निर्णय के लिए हाईकमान को भेजा जाएगा मौसम राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है हालांकि उंचाई वाले स्थानों में कल हुए हिमपात से समुचा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी के बाद सड़क पेयजल व विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है वहीं शिमला कुल्लू और चंबा जिलों में भी विभिन्न स्थानों पर संपर्क मार्ग अवरूद्व हैं जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर मौसम से जुड़ी खबर को आज अधिकतर समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है रिकॉर्डतोड़ ठंड शिमला में फिर बर्फबारी

दैनिक जागरण के शब्द है पांच जिलों में हिमखंड गिरने का खतरा हाई अलर्ट जारी हिमाचल दस्तक ने लिखा है पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर फिर हआ शुरू दिव्य हिमाचल के अनुसार शिमला डलहौजी के साथ दियोटसिद्व में गिरी बर्फ हिमाचल के अंशुल के सुझाव पर मोदी करेंगे परीक्षा पे चर्चा शीर्षक से अमर उजाला ने लिखा है पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में किया सूबे के युवक के सुझाव का जिक पंजाब केसरी ने खबर दी है बजट सत्र के बाद प्रदेश में बड़े प्रशासनिक फेरबलद की तैयारी जबकि दिव्य हिमाचल लिखता है बदले जाएंगे तीन साल से एक स्थान पर डटे अफसर दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल कांग्रेस चार को शॉर्टलिस्ट करेगी प्रत्याशी प्रदेश प्रभारी पाटिल की अध्यक्षता में होगी बैठक भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है अमित शाह ऊना में भरेंगे कार्यकर्ताओं में जोश जबकि अमर उजाला ने लिखा है अमित शाह आज हिमाचल का सियासी मिजाज भापेंगें प्रदेश में स्वाइन फ्लू के प्रकोप से जुड़ी खबर को भी अधिकतर समाचार पत्रों ने प्रमुखता दी है आपका फैसला का शीर्षक है जिला हमीरपुर में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है राज्यपाल देवव्रत ने ऐतिहासिक रिज मैदान पर फहराया तिरंगा दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह आईजीएमसी में भर्ती एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय हिमाचल को सम्मान में लिखा है कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित तीन विभूतियों का चयन पदमश्री पुरस्कार के लिए किया जाना प्रदेश को गौरवान्वित करने वाला है और ये भावी पीढ़ी के लिए भी प्रेरणास्त्रोत बने हैं दिव्य हिमाचल अपने संपादकीय में लिखता है कि प्रदेश सरकार अगर इन्वेस्टर मीट से कुछ हासिल करना चाहती है तो औद्योगिक इकाइयों का विस्तार करना होगा शीर्षक है निवेश राज्य बनना होगा